प्रदेश में भीषण ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार पूर्वी भारत के विकास और क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गैस पाईप लाईन बिछाई जा रही है जिससे रसोई गैस से लेकर खाद कारखानों को गैस मिलनी शुरू हो गयी है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गंगा की पवित्रता और अविरलता के लिए तेजी से काम कर रही है उन्होंने कहा कि जैसे जैसे नमामि गंगे का अभियान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गंगा नदी निर्मल और अविरल बनाने का लक्ष्य प्राप्त होता जा रहा है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भी रिपोर्ट दी है कि नदी के प्रद्षण में कमी आई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से पारदर्शिता आयी है और भ्रष्टाचार का सफाया हुआ है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनूसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केन्द्र का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि यह संस्थान चावल की अच्छी किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सूबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह इक्यावनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन डी डी न्यूज और प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह प्रसारण सुना जा सकता है आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन और सामाचार सेवा प्रभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुबह ग्यारह बजे से किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं गठबंधन में शामिल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है श्री मांझी सीट बंटवारे पर रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे गौरतलब है कि उपेन्द्र क्शवाहा ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से रांची में बातचीत के बाद कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति हो गयी श्री कूशवाहा ने लालू प्रसाद से सीटों को लेकर चर्चा की थी उन्होंने कहा कि जल्द ही महागठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेता सीटों के बंटवारे को लेकर खुलासा करेंगे इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी रांची में लालू प्रसाद से मुलाकात की लेकिन सीटों पर तालमेल को लेकर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले महीने शुरू की गई सरकारी ऋण योजना उनसठ मिनट के तहत सैंतीस हजार चार सौ बारह करोड़ रुपये के ऋण के लिए सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों के एक लाख बारह हजार से अधिक आवेदन मंजूर किए हैं प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के बीच लगभग सत्तर लाख रसोई गैस कनेक्शन बांटे गये हैं तेल वितरण कम्पनियों के राज्य स्तरीय कॉडिनेटर शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में सबसे अधिक तीस लाख कनेक्शन इंडियन ऑयल द्वारा प्रदान किये गये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की किसी भी योजना का उद्देश्य कृषक समूदाय के जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहंचाना होना चाहिए आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी योजना के दायरे में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों को भी लाना होगा श्री राजीव कुमार ने कहा कि व्यापक ब्रनियादी आय योजना के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई सब्सिडी योजनाएं पहले से ही लागू हैं सब्सिडी और ऐसी योजना एकसाथ नहीं चल सकतीं हिमालय के तराई क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में कडाके की सर्दी पड रही है गया और भागलपुर के आस पास के इलाकों में भीषण शीतलहर चल रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा पूर्णियां में न्यूनतम तापमान पांच दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने जनवरी के पहले हफ्ते में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है भीषण ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है ठंड के कारण अस्पतालों में हृदय रोगियों लकवा और ब्रेन हैमरेज के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है वहीं घना कोहरा छाये रहने से सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है पटना और राज्य के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली रेल गाड़ियाँ घंटों विलंब से चल रही है वहीं हवाई अड्डे पर द्रश्यता कम होने के कारण पटना से उड़ान भरने वाले और यहां उतरने वाले विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद सूरज नंदन क्शवाहा का पटना में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया

श्री क्शवाहा के निधन पर राज्यपाल लालजी टंडन मूख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाया गया जहां दल के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की सूरज नंदन क्शवाहा का अंतिम संस्कार पटना के गूलबीघाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है इधर सूरज नंदन कुशवाहा के आकस्मिक निधन के कारण आज पटना में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गयी शोक स्वरूप भाजपा के भी सभी कार्यक्रम आज रद्द रहे प्रदेश में आज अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि सोलह अन्य घायल हो गये रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत कंचनपुर गांव के पास जीटी रोड पर एम्बुलेंस और ट्रक के बीच टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये वहीं वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य घायल हो गये इधर पूर्वी चंपारण दरभंगा और भागलपुर जिले में सड़क हादसे में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी दरभंगा में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की टीम ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को तीन विकेट से पराजित कर दिया ललित नारायण विश्वविद्यालय की टीम ने सभी विकेट खोकर पैंतीस ओवर में एक सौ बीस रन बनाये जिसके जवाब में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने इकतीस ओवर में सात विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया वहीं एक अन्य मुकाबले में वीर बहादुर सिंह प्र्वांचल विश्वविद्यालय जौनप्र की टीम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक सौ चौंतीस रन के विशाल अंतर से हरा दिया केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकपाल यादव ने आज पटना में जाने माने खेल पत्रकार और आकाशवाणी के कमेंटेटर रहे बद्री प्रसाद यादव की किताब खेल के खोये सितारे का लोकार्पण किया इस पुस्तक में बिहार के कई नामी गिरामी खिलाड़ियों के जीवन उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों का चित्रण किया गया है बेगूसराय के साम्हो थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मामूली विवाद को लेकर सेना के एक जवान की हत्या कर दी बताया जाता है कि नाव से नदी पार करने को लेकर जवान का अपराधियों के साथ विवाद हुआ था वहीं जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीराटोल मूंगेर राजघाट पथ पर अपराधियों ने एक व्यापारी से सत्तर हजार रुपए और मोबाइल लूट लिए एक अन्य घटना में जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के पास अपराधियों ने बालू ठेकेदार राधेश्याम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले चौबीस घंटे के दौरान पुलिस ने कई कुख्यात सहित नब्बे अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बसंतपुरपट्टी गांव के एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने चार सौ बावन कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है वहीं सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के छोटका बनया गांव से पुलिस ने एक ट्रक से एक सौ चार कार्टन विदेशी शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है इधर अररिया जिले के सिकटी और फारबिसगंज क्षेत्र से एसएसबी ने नेपाली शराब और नशीली दवा जब्त की है

प्रदेश में भीषण ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी